केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति मिशन के तहत हिमाचल में किए जा रहे कार्यों को सराहा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर लगाया फिजूलखर्ची का आरोप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

टाहलीवाल में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मिशन के तहत शेष गांवों को पेयजल सुविधा पहुंचाई जाएगी उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के मुश्किल दौर से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी से निपटने के लिए प्रभावशाली तरीके से देश का मार्ग दर्शन किया है

उन्होंने कहा कि इन तीन वर्षो में ये सुनिश्चित किया गया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वां नदी के तटीकरण का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा और ऊना में अवैध खनन की निगरानी के लिए माईनिंग चैक पोस्ट स्थापित की जाएगी मुख्यमंत्री ने बाद में हरोली विधानसभा क्षेत्र के पोलियान गांव में बल्क ड्रग पार्क परियोजना के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी किया

जयराम ठाक्र ने कहा कि इससे क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस मौके मौजूद रहे जल शक्ति केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति मिशन के तहत हिमाचल में किए जा रहे कार्यो की सराहना की है नई दिल्ली से आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के जल शक्ति मंत्रियों के साथ उन्होंने मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जल शक्ति मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में किए जा रहे कार्यो पर संतोष जताया है जो हिमाचल के लिए गर्व की बात है

गोविंद ठाक्र शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में अक्षरशः लागू करने का निर्णय लिया गया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है सोलन के एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा नीति पर आयोजित वेबिनार की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों का सर्वांगींण विकास होगा और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की सांईस वैब सीरिज का शुभारम्भ भी किया

इस बीच गोविंद ठाकुर ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एससीईआरटी की गतिविधियों की समीक्षा भी की उन्होंने कहा कि बेहतर अध्यापन का प्रशिक्षण प्रदान कर बच्चों में अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों का प्रवाह करने में इस परिषद का बहमूल्य योगदान है बस रूट राज्य पथ परिवहन निगम की दिल्ली के लिए आज से बस सेवा शुरू हो गई है

इन रूटों में रोहड़ रामपुर शिमला रिकांगपिओ मनाली पालमपुर नालागढ़ हमीरपुर धर्मशाला पठानकोट और नाहन जैसे मुख्य स्थानों से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू हो गई है परिवहन मंत्री ने बताया कि दिल्ली के लिए वॉल्वो बस सेवा भी जल्द शुरू की जाएगी सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सोलन मंडी और पालमपुर शहरों का योजनाबद्द विकास व लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के उदेश्य से ही इन्हें नगर निगम बनाने का निर्णय लिया गया है सोलन में आज जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों से विचार विमर्श के दौरान उन्होंने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है और इसी के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं

पुठानिया प्रदेश की खेल नीति अगले महीने तैयार हो जाएगी और इसके निर्धारण में प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों व खेल संघों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज धर्मशाला में खेल नीति के संशोधित प्रारूप को लेकर खेल संघों और खिलाड़ियों के साथ आयोजित एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि खेल नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए खेल संघों के साथ प्रदेश के अनेक स्थानों पर बैठकें की जाएंगी राकेश पठानिया ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से दो दो आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे ताकि ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाओं को निखारा जा सकें कुलदीप राठौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना काल में लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि बिजली व पानी के बिल व बस किराया बढ़ाकर सरकार ने लोगों पर आर्थिक बोझ डाला है राठौर ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है और अधिकारियों के बार बार तबादले से उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ रहा है कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से ऐसे आयोग की स्थापना करने की मांग की है जो कोरोना काल में बंद पड़े उद्योगों को पुनःजीवित करने और बेरोजगारी दूर करने के सार्थक प्रयास करें

गंभीर रूप से घायल लोगों को आईजीएमसी शिमला रैफर किया गया है ये बस चायल से सोलन जा रही थी मृतक महिला की पहचान शोघी के समीप गेहा गांव की सोमा देवी के रूप में की गई है स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए ज़िला प्रशासन को मृतक के परिजनों और घायलों की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं

ज़िला प्रशासन ने लोगों से सुबह जल्दी व देर शाम सड़कों पर सफर न करने की सलाह दी है